मरवाही उपचुनाव नामांकन प्रदेश के मरवाही विधानसभा उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई इसी के साथ नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है आज पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया उम्मीदवार सोलह अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं वहीं सत्रह अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी जबकि उन्नीस अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे तीन नवंबर को मतदान होगा वहीं दस नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी इस बीच कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्तियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है वहीं रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के सौ मीटर के दायरे में केवल दो वाहनों को ही प्रवेश मिल सकेगा गौरतलब है कि मरवाही विघानसभा उपचुनाव में एक लाख नब्बे हजार से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे इनमें संतानवे हजार से अधिक महिला वहीं तिरानवे हजार से अधिक प्ररूष मतदाता हैं रामविलास पासवान निधन केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल नई दिल्ली में निधन हो गया वे चौहत्तर वर्ष के थे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और उपभोक्ता कार्य खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री पासवान के हृदय का एक निजी अस्पताल में आपरेशन हुआ था वे लोकसभा के लिए आठ बार चुने गये थे उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ कल पटना में किया जाएगा गृह मंत्रालय ने कहा है कि दिवंगत नेता के सम्मान में आज राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की राजधानी में राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे अंतिम संस्कार के दिन संस्कार के स्थान पर भी राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी है वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रामविलास पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि श्री पासवान ने निचले तबकों को कल्याण के ॅलिए महत्वपूर्ण कार्य किया वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री पासवान राष्ट्रीय राजनीति खासकर बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वालों में थे कोरोना सर्वे जागरूकता अभियान छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे कोरोना सघन सामूदायिक सर्वे अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम पिछले चार दिनों में सैंतीस लाख से अधिक घरों तक पहुंच चुकी है सर्वे के दौरान दल ने घर घर जाकर कोरोना वायरस के संभावित लक्षणों वाले व्यक्तियों का सैंपल लिया है सर्वे अभियान के तहत रायपुर जिले में करीब ढाई लाख लोगों के घरों तक टीम पहुंची है इस अभियान में संबंधित क्षेत्र की मितानिन आंगनबाडी कार्यकर्ता सहायिका बहउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता सीएचओ के अलावा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सहित नगरीय प्रशासन विभाग के मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है जो गांव और शहर में घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं इधर सघन सामुदायिक सर्वे अभियान के तहत धमतरी जिले में राष्ट्रीय सेवा योजना रेडक्रॉस स्काउड गाइड और इको क्लब के छात्रों के सहयोग से भोथली और सांकरा गांव भें जन जागरूकता अभियान चलाया गया उधर कोंडागांव जिले के केशकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य विमाग की टीम के द्वारा सर्वे किया जा रहा है इस दौरान जिन लोगों में सर्दी खांसी बुखार के अलावा कोरोना वायरस के अन्य लक्षण हैं उनका शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है वहीं राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में आगामी बारह अक्टूबर को कोरोना संक्रमितों की जांच के लिए मेगा जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा इधर नारायणपुर जिले में सर्वे के दौरान बारह हजार से अधिक घरों में टीम पहुंची है इस बीच करीब दो सौ रैपिड एंटीजन टेस्ट भी किए गए इस बीच प्रदेश के स्वास्थ्य विमाग ने आमजनों से सर्वे दल के साथ सहयोग करने और उन्हें सही जानकारी देने की अपील की है गौरतलब है कि यह अभियान बीते पांच अक्टूबर से शुरू हुआ है जो आगामी बारह अक्टूबर तक चलेगा कोरोना मरीज प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है आज राज्य के पूर्व प्रलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय कोरोना संक्रमित पाए गए हैं वहीं कांकेर जिले के पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे की कोरोना जांच रिपोर्ट भी पॉजीटिव आई है हमारे कांकेर संवाददाता ने बताया कि कांकेर जिले में पुलिस अधीक्षक एमआर अहिरे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जीएन बघेल और नगर पालिका के लेखापाल के कोर्राना पॉजीटिव पाए जाने पर तीनों कार्यालयों को रविवार तक के लिए सील कर दिया गया है इस बीच कांकेर के एसपी ऑफिस में एक प्रधान आरक्षक और आरक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं तीजन बाई कोरोना सावधानी अपील इस बीच पंडवानी गायन के क्षेत्र में देश और दुनिया में नाम कमाने वाली पदम विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है

इसके लिए अलग अलग विभागों की योजनाओं और मनरेगा के अभिसरण के लिए सरकार द्वारा गठित विभागीय सचिवों की तीन सदस्यीय सभिति की आज मंत्रालय में बैठक हुई बैठक में धरसा विकास के लिए सभी जिलों से जानकारी मंगाने के प्रारुप पर चर्चा की गई यह समिति एक सप्ताह के भीतर शासन को प्रतिवेदन सौंपेगी उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते छह अक्टूबर को स्वामी आत्मानंद की जयंती पर प्रदेश में धरसा विकास योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी इसके अंतर्गत गांवों में खेत खलिहानों तक पहुंचने के लिए धरसा के कच्चे रास्तों को पक्का बनाया जाएगा

मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार नवा छत्तीसगढ़ हमर विकास मोर कहानी विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफ एम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक होगा

जबकि दो आरोपी फरार बताए जाते हैं वहीं थाना प्रभारी को लॉपरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है बताया जाता है कि जिले के धनोरा थाना क्षेत्र के उड़ागांव में बीते उन्नीस जुलाई को एक युवती के साथ सात लोगों द्वारा कथित रूप से सामूहिक दृष्कर्म करने का मामला सामने आया था इस घटना के बाद यूवती ने आत्महत्या कर ली थी मामले की रिपोर्ट नहीं लिखने और जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने के आरोप में टीआई रमेश सोरी को निलंबित कर दिया गया है इस मामले को लेकर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा और महिला मोर्चा के संयुक्त तत्वावधान में कल दस अक्टूबर को राजधानी रायपुर में एकदिवसीय धरना दिया जाएगा धरने के बाद भाजपा नेता राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे गे छपरा दर्ग छपरा यात्रियों की सुविधाओं और मांग को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने वाली छपरा दर्ग छपरा एक्सप्रेस आगामी तेरह अक्टूबर से नियमित रूप से संचालित की जाएगी छपरा से यह ट्रेन तेरह अक्टूबर को और दुर्ग से चौदह अक्टूबर को छूटेगी ट्रेन के टाइम टेबल में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है इस द्रेन में यात्री ई टिकट के साथ ही काउंटर से भी टिकट ब्रक करा सकेंगे लेकिन केवल आरक्षित सीट वाले यात्रियों को ही ट्रेन में सफर करने की अनुमति होगी आईईडी विस्फोट ग्रामीण मौत दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आने से एक दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं मिली जानकारी के अनुसार गुड़से गांव निवासी पति पत्नी अपने परिजनों से मिलने सुरनार जा रहे थे इस दौरान रास्ते में माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से ये दोनों गॅमीर रूप से घायल हो गए एसीबी छापा महासमुंद जिले में एंटी करप्शन व्यूरो एसीबी की टीम ने ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक और चौकीदार को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है मिली जानकारी के अनुसार एक किसान ने जिले के सिंघोड़ा ग्रामीण बैंक शाखा के प्रबंधक पर दस हजार रूपये की रिश्वत मांगने की शिकायत एसीबी से की थी जिसके बाद एसीबी के दल ने आज कार्यालयीन समय में छापा मारकर आरोपी शाखा प्रबंधक और चौकीदार को दस हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है महासमुंद हेल्थ वर्कर महासमुंद जिले में स्वास्थ्यकर्मियों की सेहत बनाए रखने के लिए फिट हेल्थ वर्कर अभियान चलाया जा रहा है इस अभियान के तहत सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों की गैर संचारी रोग संबंधी जांच की जा रही है साथ ही उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को परखकर उचित चिकित्सकीय सेवाएं प्रदान की जाएंगी अभियान की ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिये प्रतिदिन की जांच पड़ताल का व्यौरा भी रखा जाएगा यह अभियान बीते दो अक्टूबर से शुरू हुआ है जो आगामी तेईस अक्टूबर तक चलेगा मौसम इस समय तटीय आंध्रप्रदेश के ऊपर एक चक्रवाती घेरा बना हुआ है इसके असर से कल छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है संक्षिप्त समाचार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान ने एनआरईटीपी परियोजना के तहत बासठ विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए वरीयता सूची के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों का परीक्षण बारह अक्टूबर से नौ नवंबर तक किया जाएगा राष्ट्रीय ग्रणवत्ता समीक्षक प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता की जांच इस महीने अक्टूबर में करेंगे राजनांदगांव जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के विभिन्न हिस्सों में निर्भित आवासों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जा रहा है अब तक अस्सी आवासों का आवंटन किया जा चुका है रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा दो हजार बीस के संचालन के लिए विभिन्न अधिकारियों को दायित्व सौंपा है यह परीक्षा आगामी अट्ठारह अक्ट्बर को दो पालियों में आयोजित होगी नारायणपुर जिले में एकलव्य आवासीय विद्यालय के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती निरस्त कर दी गई है जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा क्षेत्र के कोटमीसोनार इलाके में मछली पकड़ने गए दो युवकों की बांध में डूबने से मौत हो गई वहीं राजनांदगांव जिले में एक युवक द्वारा शिवनाथ नदी में कृदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है

छत्तीसगढ़ के छात्र द्वारा जबलपुर मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने के मामले में जांच के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मध्यप्रर्देश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है महासमुंद के पुलिस अधीक्षक ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने वाले आरक्षक दीपक जायसवाल को बर्खास्त करने का आदेश दिया है वन विभाग की टीम द्वारा रायगढ़ में केआर गुप्ता आरा मिल में छापा मारा गया इस दौरान प्रतिबंधित प्रजाति की लकड़ी पाए जाने पर मिल को सील कर दिया गया है वहीं बिलासपुर जिले के पोन्डी गांव में एक दुकान में अवैध रूप से रखे बीजा चिरान लकड़ी कटर और कुंदाई मशीन को वन विभाग ने जब्त किया है अंबिकापुर नगर निगम द्वारा पानी का बिल नहीं पटाने वाले पचहत्तर लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है राजनांदगांव जिले में जिला पंचायत और उनके पुत्र को मारपीट के आरोप में लालबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है वहीं इस मामले में दो अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है जांजगीर चांपा जिले के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक में विभिन्न पदों पर संविदा भर्ती के लिए साक्षात्कार और कौशल परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी गई है दर्ग जिले की भटठी पुलिस द्वारा सटटा खेलाने के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है